उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में देश के सत्तर जिलों में कोविड के मामलों में डेढ सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की खबर है आज राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आज हम जहां तक पहुंचे हैं और जो विश्वास उससे आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडेंस ऑवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावघानियां बरत करके कुछ इनिशिएटिव ते करके हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं अच्छे प्रयोग हैं अच्छे इनिशिएटिव हैं कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सिख भी रहे हैं लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है अब हमें प्रो एक्टिव होना जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग भयभीत न हो श्री मोदी ने पिछले एक वर्ष से जारी टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट जांच संपर्क और उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जनवरी में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरूआत से पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं की सरचार्ज माफी के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर इकत्तीस मार्च कर दिया गया है पंजीकरण के लिए पहले पन्द्रह मार्च अंतिम तारीख तय की गई थी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने रिलायस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी के विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए आने की खबरों का खंडन किया है विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग द्वारा श्रीमती नीता अंबानी की विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति या विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने के संबंध में न तो अधिकारिक फैंसला किया गया है और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है विज्ञप्ति में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में किसी विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया है इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के पास आया ही नहीं है विज्ञप्ति में बताया गया है कि अनेक समाचार पत्रों में छपी ऐसी खबरों को देखते हुए ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे उन्होंने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं आगरा जिले के फतेहाबाद थाने के प्रतापपुरा में कल शाम एक सेप्टिक टैंक के पास खोदे गये गड्ढ़े में उतरे पांच युवकों की जहरीली गैस से मृत्यु हो गयी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले एक युवक गड्ढ़े में उतरा जिसके वापस न आने पर चार और युवक बारी बारी से गड्ढ़े में उतरे और जहरीली गैस के रिसाव के कारण बेहोश हो गये जिनकी बाद में अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में खेले गए आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में आज दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को पांच विकेट से हराकर पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला चार एक से जीत ली भारतीय महिला टीम ने पहले खेलते हुये उन्चास दशमलव तीन ओवर में एक सौ अट्ठासी रन बनाए जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अड़तालीस दशमलव दो ओवर में विजय लक्ष्य को पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया